आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना व प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन समाचार के यू टयूब चैनलों पर भी यह सुना जा सकेगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट आई एन पर भी यह उपलब्ध रहेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लु जिले के तीन दिवसीय दौरे के आज दूसरे दिन मनाली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में नए उद्योग स्थापित करने को मिलेंगी कई रियायते औद्योगिक प्लॉटों पर किराया शुल्क नहीं लगेगा स्टेट जीएसटी की आंशिक अदायगी सस्ती मिलेगी बिजली

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हर हलके में बनेंगे मुख्यमंत्री लोक भवन शादियों व अन्य समारोहों के लिए जनता को मिलेगी सहूलियत फोन टैपिंग केस में पीमित्रा एसकेबीएस से जवाब तलब शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है वीरमद्र सरकार में गृह और कार्मिक सचिव थे ये दोनो अफसर दैनिक भास्कर के शब्द हैं फोन टैपिंग मामले में आई डी के पूर्व डीजीपी भंडारी पर दर्ज मामला वापस होगा सीएम ऑफिस ने दी क्लीन चिट अब गृह विभाग जारी करेगा आदेश पंजाब केसरी का शीर्षक है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार के स्टाफ को सेवा विस्तार

नक्शे पास करने को फीस तय शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है नगर नियोजन विभाग ने तैयार किया खाका जनता से मांगे सुझाव

चुटकी भर सेंघा नमक से बनेगा एक लीटर मिनरल वाटर शीर्षक से अमर उजाला लिखता है घर बैठे देसी तकनीक से डब्लयूएचओ के स्टेंडर्ड का बन जाएगा नल का पानी दैनिक जागरण अपने सम्पाद्कीय कुंठित समाज से दुराचार के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पुलिस से भी अधिक मूमिका समाज की है जिसे समझा नहीं जा रहा है